इस सप्ताह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित होने के बाद एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस राष्ट्रपति के पास मजूरी के लिए भेजा गया था यह अधिनियम सरकार द्वार बाद में घोषित तिथि से लागू होगा यह संविधान की धारा पंद्रह और सोलह में संशोधन करके राज्यों को आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से नए भारत के प्रति विश्वास बढ़ेगा नई दिल्ली में कल रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य श्रेणी के गरीब युवाओ को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण नये भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है

उन्होंने राज्य की विभिन्न मूल जनजातियो के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए अरुणाचल विकास परिषद को सम्मानित किया अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि ए वी पी राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ राज्य में महिला सशक्तिकरण शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा के अलावा जनजातियो की सास्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है उन्होंने प्रदेश की सभी जनजातियो के बीच आपसी सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया इस अवसर पर राज्यपाल ने नोकटे मैरेज सेरिमनी और मिसमी बर्थ सिस्टम विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री और अरुणाचल विकास परिषद के वार्षिक कैलेंडर को जारी किया

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने हाल की अपनी बैठक में मंत्रिसमूह के गठन का निर्णय लिया था परिषद की अधिसूचना के अनुसार यह समिति डेटा विश्लेषण कर राजस्व बड़ाने और सुधारात्मक उपायों के सुझाव देगी अप्रैल से नवंबर के दौरान बिहार पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर ओडिशा और गुजरात सहित कई राज्यों के राजस्व में कमी आई है जबकि मिजोरम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर सिक्किम और नगालैंड के राजस्व में वृद्धि हुई है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जीवन लोगो की सेवा तथा सत्य न्याय और करुणा के आदर्शो के लिए समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती समारोहो के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में तीन सौ पचास रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के उदात्त आदर्शो और मूल्यों मानवता भक्ति वीरता और बलिदान की निस्वार्थ सेवा की सराहना की और लोगो से उनके द्वारा बताये मार्ग पर चलने का आग्रह किया

उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व देश में खुशहाली लायेगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के लोगो के लिए मकर संक्रांति का पर्व भी काफी महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर परशुराम कुंड में स्नान करने के लिए हजारो तीर्थ यात्री आते है उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से परशुराम कुंड आने वाले श्रद्धालुओ को शुभ कामनाए देते हुए उनकी सुरक्षा की कामना की है

इस दुर्घटना में सात घरो और दुकानो के जलकर नष्ट होने की खबर है आग दुर्घटना के कारणो का अभी तक पता नही चल पाया है और जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारो को रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था की है

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किया यह महोत्सव इस महीने की चौबीस तारीख तक चलेगा

आज का अधिकतम तापमान छब्बीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया